राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही अच्छी बारिश से कई बांध हो रहे है ओवर फ्लो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें कर रहा है नमन जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता का आज हो रहा है समापन

कोटा के कैथून में भारी बारिश के चलते बाढ के हालात बने हुए है कस्बे के जलमग्न इलाकों में फंसे लोगों को सेना और आपदा प्रबंधन की टीमों की मदद से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया

जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है

इसके साथ ही प्रशासन ने बांध के आस पास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है उधर कोटा ब्रंदी झालावाड और पाली जिले में भारी बारिश के मद्देनजर सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है झालावाड में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है

वहीं परवन नदी का जलस्तर बढने से बारां और झालावाड जिले का सम्पर्क दूट गया है

जिले की कवाई में पानी मे फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहंचाया जा रहा है

बांध पर सुरक्षा के लिये पुलिस जाब्ता तैनात है

जालोर जिले में भी देर रात से बारिश का दौर लगातार जारी है पाली जिले में भी हो रही लगातार बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है

जयपुर में आज सुबह से ही मौसम बार बार बदल रहा है कभी धूप निकल रही है तो कभी घने बादल छाकर बारिश हो रही है शहर में कल कई स्थानों पर मूसलाधार बरसात हुई जयपुर सहित चार जिलों को पेयजल की आपूर्ति करने वाले बीसलपुर बांध में पानी की आवक तेजी से हो रही है आज बाडमेर और सिरोही में भी बारिश का दौर जारी है

देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्दाजंलि दी जा रही है इस मौके पर नई दिल्ली में उनके समाधि स्थल सदैव अटल स्मारक पर श्रद्वांजलि सभा और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने श्री वाजपेयी को श्रद्वासुमन अर्पित कर श्रद्वांजलि दी

वे देश के तीन बार प्रधानमंत्री बने

इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह प्रतियोगिता पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित हुई है और भारत ने पहली बार ही इस प्रतियोगिता में भाग लिया

इससे पहले कल प्रतियोगिता के चौथे चरण में भारतीय टीम ने पहला स्थान हासिल किया

मौजूदा कोच रवि शास्त्री के अलावा ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी और किंग्स इलेवन पंजाब के कोच माइक हैसन भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे